बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेल मंत्री पीय्ष गोयल और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं किसान तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं इससे पहले आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि आज की बैठक में सकारात्मक समाधान निकलेगा इससे पहले हुई बैठक में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री तोमर ने एक बार फिर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी मुख्यमंत्री काफ्रेंस म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभाग आय्क्तों कलेक्टर प्लिस महानिरीक्षकों और प्लिस अधीक्षकों को संबोधित करते हए प्रदेश को माफिया म्फ्त बनाने का संकल्प दोहराया उन्होंने कहा कि प्रशासन इस दिशा में और बेहतर ढंग से कार्य करें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गुड़ गवर्नेस सरकार की प्राथमिकता है कानुन व्यवस्था बेहतर हो जिलों की समस्याओं के आधार पर शॉर्ट और लॉग टर्म प्लान बनाएं केंद्र की हर योजना में हमें आगे रहना है और यह जिलों के सहयोग से ही संभव हो सकता है उन्होंने कहा कि हर महीने कार्यों की समीक्षा होगी इसी के आधार पर जिलों की रेटिंग करेंगे और विभागों की भी रेटिंग होगी

मंत्रालय ने कहा कि टीके की स्रक्षा और प्रभावकारिता स्निश्चित करने के लिए विभिन्न चरणो में इसके ट्रायल किये गए प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले च्ने हुए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा टीका पाने वाले प्रथम वरीयता समूह में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल होंगे दुसरे समूह में पचास वर्ष से अधिक आय् के व्यक्ति और विभिन्न बीमारियों से पीडित पचास वर्ष से कम आय् के व्यक्ति शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा उधरचिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में आपात उपयोग के लिए कोरोना वायरस से निपटने की दो वैक्सीन को सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह ग्लेरिया ने कहा कि ये वैक्सीन किफायती और उपयोग करने में आसान है क्योंकि इन्हें दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने वकीलों की प्रत्यक्ष स्नवाई कराए जाने की मांग पर कहा कि जल्द ही बार और बेंच से समन्वय स्थापित कर प्रत्यक्ष सुनवाई करने प्रयास करेंगे जस्टिस मोहम्मद रफीक अब तक ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे फिशरीज फील्ड लैब शहडोल के पंडित शंभ्नाथ श्क्ल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिये नवाचार कर रहा है मत्स्य विभाग के सहयोग से वह अपने परिसर के जल स्त्रोत में फिशरीज फील्ड लैब बना रहा है विश्वविद्यालय के क्लपति म्केश तिवारी ने बताया कि फिशरीज फील्ड लैब विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक होगी इस लैब के तैयार होने से जहां मत्स्य विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में मदद मिलेगी वहीं लैब में तैयार होने वाले सीडस से विश्वविद्यालय को आय भी होगी

आज ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक ल्ई ब्रेल की जयंती भी है जिन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी

सिर्फ तीन साल की उम्र में उन्होंने एक द्र्घटना में अपनी दोनों आँखें खो दी थीं अपना हौसला बनाया रखते हए उन्होंने छह बिन्दियों वाली लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है